प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गो के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कल्याण के कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले की सरकारें किसानों को वोट बैंक मानती थी जबकि उनकी सरकार किसानों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुनरीक्षण के बाद अंतिम रूप से तैयार की गयी मतदाता सूची का ही इन चुनावों में इस्तेमाल किया जायेगा इसलिए सूचियों को तैयार करने में सतर्कता बरतने की जरूरत है उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस हेल्पलाइन की प्रणाली को पूरी तरह द्रूस्त रखा जाए

निर्वाचन विभाग प्रदेशभर में मतदाता सूची नवीनीकरण अभियान के तहत मतदान केन्द्रों पर शिविर आयोजित कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेगा

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने कहा है कि कारोबार की सुगमता के अनुकल माहौल बनाने के लिए सरकार के उपाय और सुधार कार्ये जारी रहेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र रिफॉर्म परफार्म और ट्रांसफार्म के अनुरूप लोगों का रूख प्रगति और विकास के पक्ष में है

बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रदेश चुनाव सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी भाग लेंगे विधायक दल की बैठक के बाद दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित होगा जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली करेंगे इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में जयपुर शहर के व्यापारी उद्योगपति शिक्षक स्कूल संचालक अधिवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट और चिकित्सक सहित कई लोग भाग लेंगे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है

इस दौरान मंडियों में जिंसों की बोली नहीं लगेगी हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि व्यापारी ऑफलाइन आढ़तिया की बिल बुक के जरिए गेहूं खरीद की मांग कर रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि अस्पताल के बाहर खड़ी एक जीप को कार ने टक्कर मार दी जिससे वह कार खाई में जा गिरी इस दौरान टक्कर मारने वाली कार भी उछलकर बीच सड़क पर आ गई जिसे पीछे आए ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया हादसे में मारे गए लोगों में एक महिला राजसमंद की दो लोग गुजरात और एक व्यक्ति उत्तरप्रदेश का बताया जा रहा है शहर के प्रताप नगर इलाके में ट्रोले ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई उधर प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ कस्बे में बस स्टैण्ड के पास निजी बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई

हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई

इस दौरान देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे हमारे संवाददाता ने बताया कि ऊंट उत्सव का आज शाम को रंगारंग समापन होगा

प्रदेश में एक बार फिर ठंडी हवा चलने से सर्दी का असर बढ़ गया है हालांकि ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है